मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ ही राज्य भर में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुना करगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने देहरादून के गांधी पार्क में शहीदों को श्रद्वाजलि दी राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन

मोदी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्वांजलि दी है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया

प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है तो दूसरी ओर कडी मेहनत से व्यवसाय नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है

इस दौरान श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री का सम्बोधन हमें राष्ट्र हित में काम करने की प्रेरणा देता है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर बड़ी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं साथ ही लोग अब स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं

इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के सेब उत्पादक जनपदों में किया जायेगा इसके साथ ही इन क्षेत्रों में फल और स्थानीय उत्पादों की सुगम पहॅच के लिए लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को भी निर्देशित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है

कारगिल विजय दिवस करगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून के गांधी पार्क शहीद स्मारक पर करगिल शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस दौरान श्री रावत ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए कहा कि देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद उत्तराखंड के वीर सपूतों का देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने बताया कि करगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड के सपूतों ने अपने प्राणों की आहृति दी थी

उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने करगिल युद्ध में जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा उसके लिए समूचे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना उन्होंने बताया कि करगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्व है मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकार द्वारा सेवायोजित किया जा रहा है राज्य सरकार ने विभिन्न सेवा मेडलों पर अनुमन्य एक मुश्त राशि को भी बढ़ाया है उन्होंने करगिल युद्ध में शहीद नायक स्व देवेन्द्र सिंह रावत के आवास पर जाकर शहीद आश्रितों को सम्मानित किया प्रदेश करगिल दिवस इस अवसर पर प्रदेश भर में शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया गया बागेश्वर जिले में शहीदों की याद में वृक्षारोपण भी किया गया इस दौरान शहीद नायक राम सिंह बोरा के भाई सुबेदार बलवन्त सिंह को जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने शाल भेंट कर सम्मानित किया गया चमोली जिले में अमर शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रख उन्हें सलामी दी गई अल्मोड़ा के के शहीद पार्क में भी शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की गयी जिसमें सांसद अजय टम्टा सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने प्रतिभाग किया चम्पावत में दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और करगिल योद्वा दान सिंह मेहता को माला पहनाकर सम्मानित किया गया टिहरी जिले में शहीद सैनिकों को श्रद्वासुमन अर्पित करते हुए उनके बलिदान और पराक्रम को याद किया गया इस अवसर पर करगिल शहीद दिनेश दत्त बहुगुणा की पत्नी सुधा बहुगुणा और ऑपरेशन पवन में शहीद हुए गबर सिंह की पत्नी कौशल्या देवी को शॉल भेंटकर सम्मानित किया

इस अवसर पर काग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना की मौजूदगी में पौधारोपण भी किया गया